लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान में आई तेजी वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वाराणसी में करेंगे रोड शो और बांदा में एक चुनावी रैली को करेंगे सम्बोधित सपा बसपा रालोद गठबंधन की कन्नौज में होगी रैली प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कहा मतदान से हर आम नागरिक की सरकार के गठन में होती है सहभागिता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि साफ सफाई और तंदरूस्ती देश के सामने दो बड़े मुद्रे हैं जिनकी बीमारियों से निपटने में अहम भूमिका है अभिनेता अक्षय कुमार को दिये गये गैर राजनीतिक इंटरव्यू में श्री मोदी ने कहा की स्वच्छता के बारे में उन्हें हमेशा महात्मा गांधी से प्ररेणा मिली है प्रधानमंत्री ने नौ करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का श्रेय पूरे देश को दिया श्री मोदी ने कहा कि जब वे प्रधानमंत्री बने तो अन्य प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा उनकी स्थिति बेहतर थी क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें सुधार के कामों का व्यापक अनुभव प्राप्त हो चुका था प्रधानमंत्री बनते समय शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है

मैं समझता हूं कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी ताकत दी है जो देश के काम आ रहा है लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है इस चरण में नौ राज्यों के इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की उन्तीस तारीख को वोट डाले जाएंगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता कल देशभर में रैलियों को सम्बोधित कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई है पश्चिम बंगाल के बीरमूम जिले के इलम बाजार में कल चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विदेशों में जमा कालेधन की जानकारी देने के लिए अनेक देशों के साथ समझौते किए हैं ये भारत की बढ़ती ताकत है की अनेक देश भारत के साथ समझौता किया है कि उनकी बैंकों में अगर कोई भारतीय पैसा रखेगा तो रियल टाईम इनफॉर्मेशन वह देश हमको वह भारत को देगा और भारत से कालाधन का कारोबार दुनिया की बैंको में कोई नहीं कर पायेगा और दुनिया के देशों को बैंको से हमने समझौता किया है उन्होंने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयासों का स्वागत किया इससे पहले झारखंड के लोहरदग्गा में एक जनसभा में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने धर्म या जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया और देश के सभी दलितों को न्याय दिलाने की कोशिश की है श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को हार दिखने लगी है और अब उन्होंने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के बहाने आरोप लगाने शुरू कर दिये हैं प्रदेश में तीन चरणों के मतदान के बाद सभी राजनीतिक दलों का ध्यान अब अगले चरण पर केंद्रित है कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने कल फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र के खागा और गाजीपुर में जनसभाए कीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानूपर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का विकास किया है जिसके कारण शहर की सुन्दरता बढ़ी है उन्होंने कहा कि वे कानपुर में गंगा के किनारे भी इसी प्रकार का रिवर फ्रंट विकसित करना चाहते थे गंगा की सफाई के लिए और शहर को एक रिवर फ्रंट देने के लिए अगर हमें हजारों करोड़ भी देना पड़े तो कानपुर को हजारों करोड़ रूपये देकर के गंगा पर एक शानदार ऐतिहासिक सुंदर रिवर फ्रंट बनाकर गंगा की सफाई करने का काम करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल लखीमपुर खीरी कानपुर और उन्नाव में चुनावी रैलियों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो किसानों और बेरोजगार युवाओं के कष्ट दूर कर सकती है श्री गांधी ने पार्टी की न्याय योजना के बारे में भी विस्तार से बताया बिना अर्थव्यस्था को नष्ट किए कितना पैसा डाला जा सकता है तो इक्नोमिस्ट से कहा कि देखिए भैया एक नंबर चाहता हूं जो गरीब लोगों के बैंक एकाउंट में डालू मैं हिन्दुस्तान के बीस प्रतिशत परिवारों को पांच करोड़ परिवारों को पच्चीस करोड़ लोगों को डायरेक्ट बैंक एकाउंट में पैसा देना चाहता हूं बह्जन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कानपुर नगर जिले में रमईपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को उसकी गलत नीतियों के कारण ही सत्ता से बाहर कर दिया गया था चुनाव प्रचार के क्रम में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रोड शो करेंगे और बांदा में एक चुनावी रैली को भी सम्बोधित करेंगे उधर सप बसपा रालोद गठबंधन द्वारा आज कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली का आयोजन किया गया है एक रिपोर्ट हमारे संवददाता से भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड के बांदा में एक रैली को संबोधित करेंगे जहां से वे बांदा और हमीरपुर और आसपास के क्षेत्रों के मतदाताओं तक पहुंच बनायेंगे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनित शाह गाजीपुर उन्नाव और औरैया जिलों में विजय संकल्प की रैलियों में हिस्सा लेंगे वही सपा बसपा आरएलड़ी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव मायावती और अजीत सिंह डिपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाहा अपने रोड शो के दौरान झांसी और उरई में मतदाताओं को लुभाएगी और जालौन में एक जनसभा को संबोधित करेंगी एमएस यादव आकाशवाणी समाचार बांदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाराणसी से नामांकन करते ही मोदी लहर सुनामी में बदल जायेगी वाराणसी में गोरक्ष और काशी क्षेत्र के मीडिया सेन्टर का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से उन्होंने यह बात कही भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि श्री मोदी काशी में पच्चीस अप्रैल यानी आज रोड शो करने के बाद छब्बीस अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ एनडीए के सहयोगी दल के नेता भी शामिल होंगे श्री शाह ने कहा कि यहां पर पांच साल में विकास का जो अध्याय लिखा गया है वह आने वाले पांच साल में पूरा हो जायेगा साथ ही गंगा नदी भी पूरी तरह से निर्मल हो जायेगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा ईवीएम को लेकर लगाये गये आरोप पर अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को जब चुनाव में हार दीखने लगती है तो वे ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना बनाने लगते हैं उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा सरकार ने राज्य में बहुत सी विकास योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है

लखीमपुर खीरी में आयोजित एक चुनावी रैली को कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया उन्होंने कॉंग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि मतदान करना राष्ट्र धर्म है मतदान के माध्यम से हर आम नागरिक सरकार गठन में सहभागी होता है राज्यपाल और उनकी पली ने कल लखनऊ स्थित राजभवन से लोकसभा चुनाव के लिये पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया श्री नाईक मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के मतदाता है जहां आगामी उन्तीस अप्रैल को मतदान होना है लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया जारी है

वहीं गाजीपुर सीट से गठबंधन से बसपा नेता अफजाल अंसारी ने भी कल अपना नामांकन दाखिल किया बलिया और मिर्जाप्र लोकसभा सीट से कल एक एक प्रत्याशी ने नामांकन भरा वहीं देवरिया संसदीय सीट से बसपा के विनोद कुमार जायसवाल और महराजगंज से भारतीय किसान यूनियन पार्टी के मनोज कुमार राणा ने भी नामांकन किया इस चरण के लिये प्रत्याशी उन्तीस अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं जबकि नामांकन पत्रों की जांच तीस अप्रैल को होगी नाम वापसी की अंतिम तिथि दो मई है मतदान उन्नीस मई को होगा